पुलवामा आतंकी हमले के बाद केन्द्र की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आतंकवाद के खिलाफ सभी दलों ने सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त किया गुर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त होने के बाद प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बहाल

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है पाकिस्तान से भारत अभी आमतौर पर फल सीमेंट चमड़ा रसायन और मसाले आयात करता है

गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था केन्द्र सरकार की ओर से कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गयी और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है कल नई दिल्ली में हुई इस बैठक में सभी प्रकार के आतंकवाद और सीमा पार से उसे मिलने वाले समर्थन की भर्त्सना की गयी सर्वदलीय बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत में सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश ने इस चुनौती से निपटने में दुढ़ता का परिचय दिया है बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने आतंकवादियों और उनसे जुड़े लोगों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है श्री सिंह ने कहा कि सरकार शहीदों के परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि सभी दलों ने आतंकवाद से निपटने में सरकार के प्रति पुरा समर्थन व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद बहे एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा सीआरपीएफ के जवानों पर बृहस्पतिवार को हुए आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि नया भारत अपने सैनिकों पर हमले के लिए बंदूकों और बम मुहैया कराने वालों को नहीं बख्शेगा केन्द्र सरकार ने पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के छात्रों और वहां के निवासियों को कथित रूप से मिल रही धमकियों की खबरों के बाद सभी राज्यों को इन नागरिकों की सुरक्षा करने को कहा है केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कल राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजे अपने परामर्श में कहा कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करें पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को प्रदेशभर में भी नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई और श्रद्वांजलि अर्पित की गई राजधानी जयपुर में अमर जवान ज्योति पर हजारों की संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान तथा आतंकवाद विरोधी नारे लगाए वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जयपुर जिले के शाहपुरा के रोहिताश लांबा की अंत्येष्टि में शामिल हुए इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि दुश्मन देश को समय पर मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा भारत किसी भी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और दृश्मन को उसकी सीमा में घुसकर करारा जवाब देगा उन्होंने कहा कि शांति और सदभाव की नीति को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय की चार छात्राओं को कल पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोप में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने निलम्बित करके होस्टल खाली करने के निर्देश दिये है

इसकी जानकारी मिलने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने चारों छात्राओं को तत्काल निलम्बित कर दिया और उन्हें तुरंत होस्टल खाली करने के निर्देश दिये गूर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त होने के बाद अब प्रदेश में लगभग समी स्थानों पर रेल और सड़क ्यातायात बहाल हो गया है सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर गुर्जर आंदोलनकरियो के हटने से इस मार्ग पर भी यातायात सुचारू हो गया है कल देर शाम इस मार्ग पर रेलगाड़ियां शुरू हो गई हालांकि आंदोलन के कारण परिवर्तित मार्गो से चलाई गई रेलगाड़ियां अभी भी देरी से चल रही है एजेंसी के अनुसार इस रेलमार्ग पर नौ दिन बाद दोपहर बाद रेल सुरक्षा प्रमाणपत्र लेने के बाद कोटा से पहली रेलगाड़ी के रूप में श्री वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया गौरतलब है कि पिछले नौ दिनों से इस रेलवे ट्रैक पर सवाई माधोपुर के मलराना डूंगर में गुर्जर आंदोलनकारी आरक्षण की मांग को लेकर महापड़ाव डाले हुए थे इससे कई रेलगाड़ियों को जहां रद्द करना पड़ा वहीं दर्जनों का रास्ता बदलना पड़ा

इस दौरान आकाश और अस्त्र मिंसाइलों के साथ जीपीएस तथा लेजर गाइडेड बम रॉकेट लॉचर और हेलीकॉप्टर्स गनों का प्रयोग किया गया प्रदर्शन के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत केन्द्रीय मंत्री सीआर चौधरी और गजेन्द्र सिंह शेखावत कई देशों के सेना अधिकारी और मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे